उन्होंने य्वाओं को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश के लिए काम करने का आग्रह किया है प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का आज दिल्ली के निजी अस्पताल मे देहांत हो गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और सुचना एवं प्रसारण मंत्री ने उनके निधन पर शोक जताया है हैफेड द्वारा हरियाणा के सभी शहरों व कस्बों में हैफेड बाज़ार नाम से ख्दरा आउटलेट खोले जायेंगे

दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नये भारत की य्वा पीढ़ी में पूरे उत्साह के साथ मुशिकलों का सामना करने का जोश है और शिक्षा देश के विकास नीति की गति को और तेज़ करेगी असम में तेज़प्र विश्वविदयालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कांफ्रेस के माध्य से सम्बोधित करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा शिक्षा नीति में नई प्रौद्योगिकी बहविषयी दृष्टिकोण और कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना हमारे जीवन का हिस्सा बना गया है उन्होंने कहा कि भारत समस्याओं का हल निकालाने के लिए प्रयोग करने से नहीं डरता श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों दवारा ज़मीनी स्तर पर की जा रही खोज से वोकल फॉर लोकल यानि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने में मदद मिली है उनहोंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी ने राष्ट्र के विकास में मदद की है

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यकत किया है श्री मोदी ने अपने शोत संदेश मे कहा है नरेंद्र चंचल ने अपनी गूंजायमान आवाज़ के साथ भजन गायक की द्निया में ख्यति हासिल की राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में उनकी मृत्यु को संगीत विशेषकर भजन संगीत के लिए एक बड़ी क्षति बताया है राष्ट्रति औश्र प्रधानमंत्री ने दुख के इस क्षण में नरेंद्र चंचला क चाहने वालों और उनके पारिवारिक सदस्यों के प्रति संवदेना व्यकत की है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़कर ने नऐद्र चंचल के निधन पर दुख व्यक्त किया है फरीदाबाद के लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी उनकी मृत्यु पर अफसोस जताया है फाउडेशन अंगेस थलेसीनिया के महासचिव रविन्द्र ढ़ढेजा ने उनके निधन पर शोक व्यकत करते हये कहा कि नरेंद्र चंचल अपने हर कार्यक्रम मे थैलेसीनिया से पीड़ित बच्चों बारे बात करते थे

हैफेड द्वारा हरियाणा के सभी कस्बों व शहरों में हैफेड बाज़ार नाम से खुदरा आउटलेट खोले जायेंगे हैफेड के प्रबंध निदेशक डी के बेहरा ने बताया कि हैफेड जल्द ही अपने ही ब्रांड नाम के तहत दस किस्म की दालों की बिक्री भी श्रू करेगा उन्होंने बताया कि इस समय हैफेड द्वारा बासमती चावल चक्की आटा कच्ची घानी सरसों का तेल रिफाईड सोयाबीन तेल चीनी साबत गेहूं दलिया ग्ड़ और गेहूं के चोकर आदि की बिक्री की जा रही है श्री बेहरा ने बताया कि हैफेड ने महिला स्वय सहायता समूह द्वारा उत्पादित बाजरा ज्वार आधारित उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री के लिए सहायता प्रदान करने हेत् ग्रूग्राम के महिला स्वयं सहायता समूह के साथ समझौता किया है उन्होने कहा कि हैफेड ने स्थानीय वस्त्रों के विनना के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये है जिससे बाज़ार में छोटे व्यापारियों को लाभ होगा उन्होंने बताया कि महिला समूह क्षीतिज हैफेड बिक्री केन्द्र के लिए उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके लंबे समय की भागीदारी से राजस्व के मामले मे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करेगा जिससे महिला समूह के सदस्यों की आय में वृद्धि होगी

हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी निजी व सरकारी विश्वविदयालयों और सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्वयं वित्त पोषित महाविद्यालयों को अपने अपने शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू म्कत करने का निर्देश दिये है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसन शैक्षणिक संस्थानों को भविष्य में भी तम्बाकू मुक्त बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है

प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा का शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग आपसी तालमेन से इस जागरूकता अभियान में अहम भूमिका निभायेगा

प्लिस प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार किये गये आरोपियों की पहचान गोपी व मिश्री लाल के तौर पर ह्ई है